मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बन्दी के दौरान शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए कहा इससे कोविड नाइन्टीन के साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में भी मिलेगी मदद देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या साढ़े पांच लाख से अधिक हुई प्रदेश में अब तक चौबीस हजार से ज्यादा लोग बीमारी से ठीक हुए सक्रिय मामले बारह हजार नौ सौ बहत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा से प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ा भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांवों में बाढ़ की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है श्री मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया श्री मोदी ने कृषि में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार के हाल के उपायों के बारे में भी बातचीत की प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा जिन्हें छात्रों के साथ साथ किसान भी उपयोग कर सकें डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद तकनीक के लिए प्रयास करने की जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान मातुभाषा में प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने खेलों में स्टेडियम जैसा वर्वअल अनुभव और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति पर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने शिक्षा अध्ययन डिजिटल भुगतान जैसे कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकर खुशी प्रकट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इससे कोविड नाइन्टीन के साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए जनपदवार नामित नोडल अधिकारियों को संबंधित जनपदों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के प्रति निरन्तर जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग को जीवनशैली का अंग बनाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वाराणसी आजमगढ़ बलिया देवरिया झांसी कानपुर नगर और बरेली जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले जनपदों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में निरन्तर वृद्वि करने के निर्देश देते हुए कहा कि टेस्टिंग क्षमता को पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन किया जाए उन्होंने कहा कि आरटी पीसीआर से तीस हजार टेस्ट रैपिड एन्टीजन टेस्ट से अट्ठारह से बीस हजार और ट्रनेट मशीन से दो से ढाई हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में कार्यरत यूपी एक सौ बारह की सेवाओं का विस्तार किया गया है इसमें अग्नि सेवा जीआरपी एक शून्य आठ और एक शून्य नौ शून्य सेवाओं को जोड़ा गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं

अब तक पांच लाख तिरपन हजार चार सौ इकहत्तर रोगी ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अट्ठारह हजार आठ सौ पचास रोगी ठीक हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान अट्ठाईस हजार सात सौ एक लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या आठ लाख अठहत्तर हजार दो सौ चौवन हो गई है इस समय तीन लाख एक हजार छः सौ नौ मरीजों का इलाज चल रहा है एक दिन में पांच सौ लोगों की मौत के साथ ही देश में मृतकों की संख्या तेईस हजार एक सौ चौहत्तर हो गयी है उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार छः सौ चौंसठ नये मामले सामने आये हैं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से चौबीस हजार दो सौ तीन लोग स्वस्थ हो चुके हैं और नौ सौ पचपन लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बारह हजार नौ सौ बहत्तर है कोविड नाइन्टीन का संक्रमण समाप्त करने के लिये लिक्विड सैनिटाइजिंग का उपयोग किया जाता है जिससे रसायनों का खतरा बढ़ जाता है इस समस्या के समाधान के लिये आईआईटी कानपुर ने स्मार्ट फोन संचालित शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है जिससे कुछ ही मिनटों में कमरे को सैनिटाइज किया जा सकता है डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि शुद्ध नामक यह उपकरण अस्पताल होटल मॉल कार्यालय और स्कूल जैसे अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कोरोना वायरस के प्रसार को समाप्त करने में सहायता कर सकता है डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया ं लिक्विड डिस्इंफेक्टेंट जिसके कुछ अपने ही नकारात्मक प्रभाव है आईआईटी कानपुर इमेजिनरीलैब ले के आया है एक उपकरण जिसका मैने नाम रखा है शुद्ध शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटिव उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आपरेट कर सकते हैं इसमें छह लाइट्स लगी है

रूम छोटा हो या बड़ा उस हिसाब से आप लाइट्स चूज कर सकते हैं

हास्पिटल में स्टोर्स में रूम में जहां पर बहुत सारा सामान होता है इसको डिस्इफेक्टेट करना बहुत जरूरी है हमें उम्मीद है यह प्रोडेक्ट भी हमारे देश में से कोरोना को किल करने में बहुत ही लाभदायक रहेगा पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से बारह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जनपद में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उधर नेपाल में हो रही भारी वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गण्डक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जनपद के खड़्डा क्षेत्र के मरिचहवा बसंतपुर शिवपुर हरिहरपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं वहीं महराजगंज जिले में पहाड़ी नदियों भौरहिया व चन्दन का जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई गांवों में बाढ़ का खतरा और गम्भीर हो गया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है

लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा इस वर्ष अट्ठासी प्रतिशत से अधिक छात्र उतीर्ण हुए जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट सी बी एस ई रिजल्टस डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर देखा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मेधा व मेहनत के बल पर सफल हुए विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करेगी